हमीरपुर जिले के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के शम्भू दा ताल में आज युवा मोर्चा सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को मिल रहे जनसमर्थन से कांग्रेस पार्टी घबरा गई है जयराम ठाक्र ने कहा कि भाजपा ने चारों लोकसभा सीटों के लिए जुझारू व कर्मठ नेता प्रत्याशी घोषित किए हैं उन्होंने कहा कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी बनाए गए युवा नेता अनुराग ठाकुर ने कई बार हिमाचल व हमीरपुर की आवाज को उठाया है जयराम ठाकुर ने उम्मीद जताई कि लोगों का उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा

अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि इस बार भी भोरंज निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा रिकार्ड मतों से जीत हासिल करेगी इस मौके कई अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे प्रचार लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में चुनाव प्रचार इन दिनों जोरों पर है इसी कड़ी में कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी किशन कपूर चम्बा जिला में प्रचार अभियान में जुटे हैं चम्बा निर्वाचन क्षेत्र के साहो में आज एक सम्मेलन में उन्होंने लोगों से समर्थन मांगा बाद में चम्बा में एक पत्रकार वार्ता में किशन कप्र ने कहा कि भाजपा प्रचार में काफी आगे निकल गई है और संगठन ने आगामी दो माह का कार्यक्रम बना लिया है उन्होंने कहा कि केन्द्र की जनकल्याणकारी योजनाओं और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के आधार पर भाजपा जन जन के बीच जाएगी उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है इससे पहले कल देर शाम उन्होंने व्यापार मण्डल चम्बा के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक की सुरेश कश्यप शिमला लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज शिमला मण्डल के मिलन कार्यक्रम में भाग लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया उन्होंने कहा कि संसदीय क्षेत्र में सांसद वीरेन्द्र कश्यप द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों को वे आगे बढ़ाएंगे सुरेश कश्यप ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार ने एक वर्ष के कार्यकाल में चहुमुखी विकास किया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को विश्व में नई पहचान मिली है इस मौके सांसद वीरेन्द्र कश्यप ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दल है और एक बार फिर कार्यकर्ता पूरे उत्साह से एकजुट होकर पार्टी को जीत दिलाएंगे कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता सुरेश भारद्वाज ने कार्यकर्ताओं से आहवान किया कि वे बूथ स्तर पर कार्य कर भाजपा को एक बार फिर बड़ी जीत दिलाएं महिला कांग्रेस प्रदेश महिला कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केन्द्र की एनडीए सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कुछ भी नही किया और महिलाओं के प्रति अपराधों में वृद्वि दर्ज की गई है आज कुल्लू में आयोजित महिला सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रदेश महिला कांग्रेस प्रभारी नीतू वर्मा ने कहा कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए महिला कांग्रेस कार्यकर्ता बूथ स्तर तक एकजुट होकर कार्य करेंगी इस अवसर पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय समन्वयक विद्या नेगी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे बाद में एक पत्रकार वार्ता में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जैनब चन्देल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में महिलाओं की अहम भूमिका रहेगी उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा महिला विरोधी रही है जबकि कांग्रेस ने महिलाओं को हमेशा पहली पंक्ति में स्थान दिया है जैनब चन्देल ने कहा कि भाजपा ने महिलाओं के प्रति कोई गम्भीरता नहीं दिखाई है कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने कहा है कि देश में भाजपा का बिखराव शुरू हो गया है और इनके वरिष्ठ नेता पूरी तरह से उपेक्षित हैं शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा के जिन नेताओं ने पार्टी के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है उन्हें बाहर कर दिया गया है इससे स्पष्ट है कि राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा कुछ भी कर सकती है रजनीश किमटा ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और पंडित सुखराम का एक होना प्रदेश ही नहीं देश में कांग्रेस राजनीति के लिए एक शुभ संदेश है स्वीप लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक मतदाताओं को वोट के महत्व के बारे में जानकारी देने के उद्देश्य से निर्वाचन विभाग द्वारा विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में विधानसभा क्षेत्र शिमला शहरी और ग्रामीण के तहत आज संजौली विद्यालय ब्यूलिया नवबहार और बायचड़ी में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए इस दौरान सभी को वोट देने फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र बनाने के अलावा ईवीएम और वीवीपैट की विस्तृत जानकारी दी गई स्वीप कार्यक्रम के सदस्यों ने नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए संबंधी जानकारी भी विद्यार्थियों को दी उधर ऊना के आईटीआई पेखूबेला में विद्यार्थियों के लिए नारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित कर वोट के महत्व की जानकारी दी गई इधर सिरमौर जिला में मतदाताओं के सौ फीसदी पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाकर आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर पात्र युवाओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने का कार्य करेंगी